इस अवसर पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू में आयोजित उत्सव समारोह में म्ख्यमंत्री पेमा खांडू शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर राज्य सभा सांसद नाबम रिबिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे अपने संबोधन में म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने जनजातीय संस्कृति कला भाषा और परिधानों के संरक्षण पर जोर दिया उन्होंने राज्यभर में चल रहे पंचायत च्नावों में कोविड दिशार्निदेशों का पालन करते हए भाग लेने की अपील की श्री खांड् ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में ब्नियादी स्विधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जरुरी कदम उठा रही है इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और राज्य सभा सांसद नाबम रिबिया ने लोगों को इंडिजिनस फेथ डे की श्भकामनाए देते हुए राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की अपील की

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर आठ सौ सत्रह रह गई है राज्य में अबतक पंद्रह हजार चार सौ ग्यारह रोगी स्वस्थ हो च्के है और कोविड रिकवरी दर बढ़कर चौरानबे दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है कल दर्ज किए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सात लेपारादा और तवांग से दिबांग वैली और तिराप जिले से एक एक मामले शामिल है

लोअर दिबांग वैली जिले के प्रगतिशील किसान जेमिनी रातान ने संतरे के फल को तोड़ने के लिए एक नया तरीका अपनाया है इससे वे आसानी से फल को जमीन पर गिरे बिना तोड़ लेते है और उनका फल भी सुरक्षित रहता है श्री रातान कई वर्षों से संतरे की बागवानी कर रहे है लेकिन उनकी समस्या यह थी कि पेड़ पर चढ़कर तोड़ने से डालियों के ट्रटने और उन्हें घायल होने का डर बना रहता था इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने संतरे तोड़ने का उपकरण तैयार किया है

उन्होंने आशा जताई कि विश्वविदयालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और भी उंचाइयों को छुएंगे आर जी यू के अठारहवा दिक्षांत समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को संबोधित करते हए उन्होंने यह बात कही दिक्षांत समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा भी वर्च्एली शामिल हए समारोह में मास्टर ऑफ साईंस केमेस्ट्री में बाबू कालिता को चांसलर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया वहीं शैक्षणिक सत्र दो हजार उन्नीस बीस के लिए बेचलर ऑफ साईंस इन जूलॉजी में हागे तून्या को चांसलर गोल्ड मेडल से नवाजा गया

पूणे में रविवार को भाजपा राष्ट्रीय सचिव स्नील देवधर ने एक कार्यक्रम में श्रीमती मोयोंग को सम्मानित किया

यह प्रस्कार भारत रत्न महाऋषि डोन्डो कारवे की धर्म पत्नी बाया कारवे के नाम पर रखा गया है गौरतलब है कि महाऋषि कारवे स्त्री शिक्षण संस्था हर वर्ष शिक्षा और सामाजिक कार्य में उत्कृष्ठ योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करते है

उन्नीस सौ पैसठ में भारत पाकिस्तान युद्ध के त्रंत बाद संसद में कानून बनाकर इसकी स्थापना पहली दिसंबर उन्नीस सौ पैसठ में की गई थी उन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की श्री अस्थाना ने कहा कि बीएसएफ का गठन पच्चीस बटालियन के साथ हआ था लेकिन आज इसकी एक सौ बयानवे बटालियन काम कर रही है बीएसएफ के जवान साठ हजार किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं

यह दिन एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकज्ट होने और इस वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है

भारत ने वर्ष उन्नीस सौ बयानवें में राष्ट्रीय एड़स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी उसके बाद से इस संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरुक करने और इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया गया है